अस्थिकलश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश आज प्रदेश की दस प्रमुख नदियों में विसर्जन के लिये रवाना होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह पच्चीस अगस्त को एक अस्थि कलश नर्मदा नदी में विसर्जित करेंगे चम्बल नदी को जाने वाली अस्थि कलश यात्रा ग्वालियर से प्रारम्भ होगी अटल जी की अस्थियां नर्मदा क्षिप्रा ताप्ती चम्बल सोन बेतवा पार्वती सिंध पेंच और केन नदियों में विसर्जित की जायेंगी अस्थि कलश यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में पहॅचेगी जल संसाधन मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र आज दतिया जिले के सेवढ़ा में पूर्व प्रधानमंत्री स्व वाजपेयी की अस्थियाँ सिंध नदी में विसर्जित करेंगे

उनसे जो भी मिलता था वह उनका हो जाता था

शिवराज सिंह चौहान ने कल ग्वालियर में स्व अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्दांजलि सभा में ये बात कही श्री चौहान ने कहा कि स्व अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से ग्वालियर का नाम पूरे विश्व में आलोकित किया है केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे स्व अटलजी का सानिध्य प्राप्त हुआ अटलजी का व्यक्तित्व अपने आप में एक विचार था श्री तोमर ने कहा कि अटल जी के अपनत्व के कारण जो भी उनसे मिलता था उनका हो जाता था प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि स्व अटल जी ने राजनीति की सीमाओं से हटकर लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाया वे व्यक्ति नहीं एक विचार थे उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा कि स्व अटल जी एक व्यक्ति न होकर एक हस्ती थे और उनकी हस्ती को कभी मिटाया नहीं जा सकता हमें गर्व है कि स्व अटल जी ग्वालियर के सपूत थे नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री नारायण सिंह क्शवाह ने कहा कि स्व अटलजी के भाषण सुन सुनकर ही मेरे जैसे अनेकों युवा राष्ट्र प्रेम की मुख्यधारा से जुड़े उनमें सदैव अपनत्व का भाव रहता था श्रद्वांजलि सभा में मुरैना के सांसद अनूप मिश्रा ने कहा कि स्व अटल बिहारी वाजपेयी मेरे परिवार के मुखिया थे राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने कहा कि मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे स्व अटलजी के साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला स्व अटल जी महान व्यक्तित्व के धनी थे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि स्वर्गीय अटल जी ने राजनीति की सीमा से हटकर लोगों के दिलों में स्थान बनाया इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेन्द्र शर्मा पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव श्री कृष्ण गोपाल जी ने भी संव अटलजी के व्यक्तित्व पर अपने विचार व्यक्त किए सभा के अंत में सभी अतिथियों एवं गणमान्य नागरिकों सहित आमजनों ने भी स्व अटलजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की स्व अटल बिहारी वाजपेयी का अस्थि कलश आज दिनभर मुखर्जी भवन पर आमजनों के दर्शनार्थ रखा जायेगा

इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत की बौद्ध धरोहर को प्रदर्शित करना और देश में बौद्ध धर्म से संबद्व पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना है आसियान देशों का मंत्री स्तरीय शिष्टमंडल इस सम्मेलन में हिस्सा लेगा

श्री सिंह ने कल जारी बयान में आरोप लगाया कि इस मामले में छोटे कर्मचारियों को सजा दी गई और जिम्मेदार बड़े लोगों और असली चेहरों को बचाया गया है उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मांग की है कि वे इस पूरे प्रकरण का अपने कार्यालय से जांच दल भेजकर परीक्षण करवाएं ताकि इसके साथ ही पूरे प्रदेश में चल रही गड़बड़ी का सच सामने आ सके फर्जी अंकसूची शहडोल जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्र में कूटरचित अंकसूची के आधार पर नौकरी कर रहे पांच शिक्षकों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है पुलिस के अनुसार शिक्षा विभाग में संविदा शिक्षकों के रूप में कार्यरत आरोपी अरुण कुमार तिवारी लालदेव सिंह शंकर सिंह रामनरेश सिंह और चोखेलाल प्रजापति के विरुद्ध पहले लोकायुक्त में शिकायत की गई थी उनके निर्देश पर जब ब्योहारी पुलिस ने जांच की तो सभी की अंकसूची कूटरचित पाई गई पुलिस ने कल रात पांचों संविदा शिक्षकों के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है एशियाई खेल इंडोनेशिया में चल रहे अट्ठारवें एशियाई खेलों के कल चौथे दिन भारतीय पुरूष हांकी टीम ने हांगकांग पर पच्चीस शुन्य से जीत दर्ज की चार स्वर्ण सहित ग्यारह पदकों के साथ भारत सातवें स्थान पर है एशियाई खेलों में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के लिये भारतीय हांकी टीम ने हांगकांग पर शुरूआत से ही दबाव बना लिया था हॉफ टाईम तक भारत चौदह शून्य से आगे था ग्रूप ए में पिछले चैम्पियन भारत की यह दूसरी जीत है वहीं टेनिस में अंकिता रैना ने महिला सिंगल्स में हांगकांग की इड्इस वोंग चोंग को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है उनका सेमीफाइनल मुकाबला आज होगा मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी है जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है

राजधानी भोपाल सहित कई हिस्सों में रूक रूक बारिश हो रही है बुरहानपुर में भारी वर्षा से ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बड़वानी होशंगाबाद नीमच शिवपुरी खण्डवा जिले में बारिश जारी है बड़वानी जिले में एक युवक की तालाब के ओवरफ्लो में बहकर मृत्यु हो गई

इस सिलसिले में कल पूरे जिले में मतदाता रैलियां निकाली गयी

इस दौरान वे कई सभाओं को संबोधित करेंगे